भारत जलवाय् परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों से प्रभावी ढंग से योगदान दे रहा है ब्रसलस में जलवाय् परिवर्तन पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम को सम्बोधित करते हए विदेश मंत्री स्षमा स्वराज ने का कहा कि धरती को मां का दर्जा देने वाले भारत की जड़ों में ही पर्यावरण की रक्षा की प्रति प्रतिबद्धता है एक सरकारी विज्ञप्ति के अन्सार उन्होंने कहा कि जलवाय् परिवर्तन से विकासशील देशों के लिए खाद्यानों और जल की उपलब्धता जैसे खतरे उत्पन्न हो सकते है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वचनबद्वता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए ही जागरूक नहीं है अपित् इस दिशा में आगे होकर काम करने का इच्छुक है केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन घटक के तहत स्थानीय उद्यमिायों द्वारा ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की एक नई योजना श्रू की है

संशोधित दिशा निर्देशे के अन्सार सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले गांवों को प्राथमिकता दी जायेगी

उपाय्क्तों के प्रस्ताव तीस जून तक जमा करवाए जा सकते है

इस मौके पर सीआरपीएफ के महानिदेशक ने कहा कि अब ये सभी अधिकारी अलग अलग इलाकों में देश की सेवा करेंगे उन्होंने जवानों के साथ साथ उनके परिवार जनों को बधाई भी दी और उम्मीद जताई कि चाहे नक्सली इलाका हो या फिर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र देश के आंतरिक स्रक्षाके लिए सीआरपीएफ के जवान सहास वीरता और दृढ़ता से देश की सेवा करेंगे हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण पंचक्ला ने ग्रुग्राम जिले को छोडक़र प्रदेश में चल रही रियल एस्टेट परियोजनाओं के ऐसे सभी डेवलपर्स को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है जिन्होंने तीन सप्ताह के अंदर अपनी परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है

हिन्दी में प्रसारण के त्रंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात प्रसारण होगा

उदघाटन समरोह की तैयारियों का जायज़ा लेते हुए विधायक नरेश कौशिक ने आज झज्जर मे कहा कि बहाद्रगढ़ शहर देश की राजधानी से सटा है और रोज़ाना लाखों यात्रियों का आवागमन देश की राजधानी से होता है ऐसे में मैट्रो सेवा का श्भारंभ के साथ इस क्षेत्र को ही नहीं अपित् पश्चिमी हरियाणा के लोगों को यातायात का स्गम साधन उपलब्ध होगा

म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है खेल मंत्री ने कहा कि इन सभी खिलाड़ियों को राज्य की खेल नीति के तहत पूरी राशि दी जायेगी जिनमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी

इसी प्रकार रजत पदक विजेता खिलाड़ी को बी क्लास नौकरी व एक करोड़ रूपये प्रस्कार राशि तथा कांस्य पदक विजेता को सी कलास नौकरी व पचास लाख रूपये का प्रस्कार दिय जायेगा इसके साथ ही इन खेलों के प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को साढ़े सात लाख रूपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जा रहे है

ये महत्वपूर्ण निर्णय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत उपायुक्त डा आदित्य दहिया की अध्यक्षता में हुई जिला कार्य दल की बैठक में लिया गया उपाय्क्त के अन्सार इस तरह के निर्णय से लड़कियों को शिक्षित करने की दिशा मे और अधिक बल मिलेगा बैठक में उपाय्क्त ने बताया कि ड्रोप आऊट यानि स्कूल छोड़ च्की लड़कियों को दोबारा स्कूलों में दाखिल करवाने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया जायेगा

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा लेने वाली लड़कियों को उनकी पढ़ाई के मुताविक नौकरी के लिए काउसलिंग करवाई जायेगी इसके िलए किसी प्रोफेशनल एनजीओ की मदद ली जायेगी इनेलो बसपा गठबंधन ने आज हिसार में जेल भरो आंदोलन की श्रुआत की इस दौरान गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी

इस अवसर पर अनाजमंडी में आयोजित रैली को संबोधित करते हए नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाए कि एसवाईएल के मुद्दे पर सभी दलों ने अब तक केवल राजनीति ही की है

यह सम्मान समारोह ग्रुग्राम जिला प्रशासन तथा श्रीमाता शीतला देवी पृजा स्थल बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है